मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने शपथ विधि कार्यवाही का संचालन किया

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री कमल नाथ विधानसभा अध्यक्ष एन पीप्रजापति विथि विधायी कार्य मंत्री पीसी शर्मा सहित अधिवक्तगण विथि विधायी कार्य विभाग सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयूत चानओचान ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की दोनों नेताओं ने पाया कि नियमित उच्चस्तरीय बैठकों और सभी स्तरों पर आदान प्रदान से इस भागीदारी को सकारात्मक गति मिली है

भाजपा का आरोप है कि प्रदेश की सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है वहीं कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कल जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है भाजपा का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने किसानों से कर्ज माफी के झठे वादे किये और दस माह के शासन काल में हुई कर्ज वसूली से परेशान किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे है बारिश ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला है खेती के लिये पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है और भावान्तर भूगतान योजना का लाभ पाने से किसान वंचित है प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कल जिला स्तर पर भाजपा द्वारा प्रदर्शन कर बिजली के विलों की होली जलायी जाएगी इस आंदोलन की जिले स्तर पर वरिष्ठ नेताओ को जिम्मेदारी सौंपी गयी है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने राज्य के बाढ़ और अतिवृष्टि प्रभावित किसानो को केन्द्र सरकार की ओर से राशि मंजूर न करने का आरोप लगाते हुए कल जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया है कांप्रेस ने आज जिला मुख्यालयों पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर केन्द्र सरकार पर राज्य के साथ भेदभाव पूर्ण तरीका अपनाने का आरोप लगाया

मगर यह राशि अब तक मंजूर नहीं की है

छतरपुर जिले के बिजावर में आयोजित मोनिया महोत्सव में आज मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दस माह में प्रदेश सरकार ने राज्य की उन्नति के लिये अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये है युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले इसके लिये राज्य में लगने वाले उद्योगों में सत्तर प्रतिशत रोजगार स्थानीय युवाओं को देने का प्रावधान किया गया है वहीं खेती को समुद्ध बनाने के लिये सिंचाई के साधनों को बढाकर नई क्रांति लाने का वादा किया मुख्यमंत्री ने बीते दस माह में किये गये कार्यो का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया

सुबह से ही तमाम नदियों के घाटों पर पर्व मनाने वाली महिलाओं की भीड़ जुटना शुरू हो गयी

देवास जिले के मीठा तालाब और क्षिप्रा नदी के घाट पर महिलाओं ने छठ पूजा के विशेष गीत गाये और पूजा अर्चना की उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तयो पर और विक्रमतीर्थ सरोवर पर महिलाओं ने सूर्य को अर्ध्य दिया और सभी को प्रसाद के रूप में अदरक और गुड़ का वितरण कर व्रत तोडा इसी तरह शहडोल सिंगरौली सहित अनेक स्थानों पर छठ पूजा मनाये जाने के समाचार मिले है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

इसके तहत राज्य के जिल मुख्यालयों पर किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा के नेतत्व में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे

इस आग ने पूरी इमारत को चपेट में ले लिया जिससे कई व्यावसायिक संस्थान बुरी तरह क्षतिप्रस्त हुए इस अग्निकांड में कई करोड़ की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है